यह दिन महापरि निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोग डॉक्टर अंबेडकर की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे इधर शिमला स्थित चौड़ा मैदान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित करेंगे इस अवसर पर उनके साथ नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट सहित पार्षदगण निगम आयुक्त पंकज रॉय सहित सभी गणमान्य उन्हें श्रद्धांजलि देंगे शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रैस लोकतंत्र का चौथा सतंभ है और प्रदेश सरकार मीडिया को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि आज मीडिया का महत्व और अधिक बढ़ गया है और मीडिया सभी सामाजिक मुद्दों को उठाने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर सरकार का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कर रहा है ये बात मुख्यमंत्री ने कल शिमला में निजी चैनल के शुभारंभ अवसर पर कही निलंबित सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल में मनरेगा में अनियमितताओं व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने दस पंचायत प्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया है जिला पंचायत अधिकारी एमएस नेगी ने कहा कि निलंबित पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ नियमित जांच अलग से की जाएगी आरोप साबित होने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को बर्खास्त किया जाएगा राकेश जम्वाल सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि क्षेत्र की बायला सहित आसपास की पंचायतों के लिए जल्द ही एक बड़ी पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा जिससे लोगों को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध होगा बायला में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने करोड़ों रूपए की विकास योजनाएं मंजूर की हैं राकेश जम्वाल ने इस अवसर पर जनसमस्याएं भी सुनीं और उन्हें प्राथमिकता को आधार पर निपटाने का लोगों को आश्वासन दिया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर हिमाचल में टैक्सी किराए में बढ़ोतरी से जुड़ी खबर को अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बस किराए में बढ़ोतरी के बाद अब टैक्सी से चलना भी हुआ महंगा दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमाचल में टैक्सी के किराए में प्रतिकिलोमीटर पांच रूपये तक की बढ़ोतरी

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं टैक्सी किराया बढ़ा अधिसूचना जारी दैनिक जारगण का कहना है टैक्सी का सफर हुआ महंगा स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के हवाले से अमर उजाला लिखता है पीजी करने के पांच साल बाद मिलेगी डॉक्टरों को अब डिग्री विशेषज्ञों की सेवाएं सूबे में सुनिश्चित करने को बदलेगा कानून दैनिक जागरण के शब्द हैं पीजी डॉक्टरों को पांच साल देनी होंगी सेवाएं दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है सरकार के पास गिरवी रहेंगी डॉक्टरों की डिग्रियां दिव्य हिमाचल के मुताबिक एमबीबीएस के तुरंत बाद नहीं मिलेगी डिग्री

इसी खबर पर अजीत समाचार की सुर्खी है दुबई भेजने के नाम पर कबूतरबाजी का शिकार हुए दो दर्जन युवक अब बिना एनओसी दिए मिलेगा बिजली कनेक्शन शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है प्रदेश के हजारों अनियमित भवन मालिकों को राहत

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है सरकार नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रतिबद्ध जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं मरीजों को व्हाट्सेप करो मेडिकल रिपोर्ट अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय सरकारी स्कूलों में शिक्षा में लिखा है कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाए